नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जगत प्रकाश नड़डा का स्वागत किया नूरपुर कांगड़ा देहरा पालमपुर सुंदरनगर और कुल्लू में संगठनात्मक जिला कार्यालय बनाए जाएंगे इस अवसर पर नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मानवता की सेवा व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और गति देने का आहवान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना काल में बेहतर कार्यो के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि सरकार के साथ साथ प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मानवता की सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी बेहतर काम कर रही है और केन्द्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए भरपूर मदद दी है अनुराग ठाकूर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान केन्द्र सरकार ने हिमाचल को अरबों रूपए के पैकेज देकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति प्रदान की है

इनमें बिलासपुर का ऐम्स ऊना में पीजी आई का सैटेलाईट सैंटर और हमीरपुर का मैडिकल कॉलेज शामिल है अनुराग ठाकुर ने लोगों से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील को गम्भीरता से लेने का आहवान करते हुए कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए अमित शाह राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में अमित शाह की दीर्घायू व स्वस्थ जीवन की कामना की है

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी पर कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया शिमला से जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद द्वारा पारित इन कृषि विधेयकों से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के हक में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और कांग्रेस पार्टी इस पचा नहीं पा रही है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों से बातचीत कर उनकी जायज मांगों को मानना चाहिए क्लदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की मांगों का समर्थन करती है लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है